मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की उन्होंने कहा कि फार्मा कम्पनियों के कर्मचारियों के आवागमन सहित कच्चे माल व दवाओं की आपूर्ति को सूचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाओं की दुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रक भी उपलब्ध करवाए जाएंगे

दवा कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने उन्हें सुविधाए प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया बैठक में मुख्य सचिव अनील खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे जावड़ेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से सुरक्षित रहने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है एक टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह ऐप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर सचेत करता है उन्होंने कहा कि यह ऐप सर्वोत्तम चिकित्सीय सलाह भी देता है जावड़ेकर ने लोगों से कहा कि हर व्यक्ति संक्रमण मुक्त रहेगा तभी देश संक्रमण मुक्त होगा आपातकालीन केन्द्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए आपातकालीन कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज को मंजूरी दी है इसका उद्देश्य जरूरी उपकरणों और दवाओं की खरीद के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना और सतर्कता प्रयासों को सशक्त करना है

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चंबा ज़िले में कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में किए जा रहे कार्यों की आज समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जिले के सील किए गए इलाकों में राशन की होम डिलिवरी की जाएगी हंसराज ने सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों का आभार भी जताया पुलिस प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर लगाई गए कफ़र्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है

एक्टिव केस सोलन जिले में एक्टिव केस फाइडिंग अभियान के तहत लोगों को घर घर जाकर कोरोना वायरस से बचाव बारे जागरूक किया जा रहा है

डॉक्टर उप्पल ने लोगों से विभाग की टीमों को सहयोग देने की अपील की है ताकि जिले में कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सके उधर जनजातीय जिला किन्नौर में इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं

उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर क्षेत्र को सैनिटाईज करने का निर्णय लिया गया और इस दौरान लोगों को स्वच्छता के बारे में भी जागरूक किया जाएगा